आयोग ने कहा है कि पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सको के नाम भी उजागर नहीं किये जा सकते सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने इस मामलें में दो अपीले खारिज करते हुए ये व्यवस्था दी उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस न्यायालय चिकित्सक और मृतक के परिजनों से संबंधित व्यक्तिगत सूचना है व्यापक लोकहित दर्शाये बिना इसकी प्रति किसी अन्य व्यक्ति को सूचना के अधिकार के तहत नहीं दी जा सकती

राजस्व वित्तीय सेवाएं आर्थिक मामले कृषि वाणिज्य और नागरिक उड्डयन विभागों में संयुक्त सचिव पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर तीन से पांच वर्ष के लिए की जाएगी

इस दौरान शहरी आधारभूत संरचनाएं आवास सीवरेज और पेयजल आपूर्ति की योजनाओं पर विशेष रूप से चर्चा की जायेगी

शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी बोर्ड कार्यालय में दोपहर बाद सवा तीन बजे नतीजे घोषित करेंगे

शिक्षा मंत्री इसके साथ ही बोर्ड प्रवेशिका ओर माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा का परिणाम भी घोषित करेगें

अभी बाढ़ की चेतावनी केन्द्रीय जल आयोग जारी करता है आकाशवाणी के साथ खास बातचीत में मौसम विमाग के महानिदेशक केजे रमेश ने कहा कि बाढ़ के बारे में देश में पहली बार मार्गदर्शन प्रणाली के इस्तेमाल से अगले महीने यह सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने बताया कि यह अभियान एक से पन्द्रह जून तक चलाया जा रहा है उन्होंने बताया कि राज्य में कहीं भी फर्जी मतदाता होने की कोई शिकायत या सूचना प्राप्त नहीं हुई है

इसके बाद सबल अभियान चलाकर भी छूट गये मतदाताओं के नाम जोड़े गए और अब दूसरे पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे इसी क्रम में जून जुलाई के बीच मतदान केंद्रों का सत्यापन और पुनर्गठन का काम भी किया जाएगा

इन शिविरों के माध्यम से लोगों की राजस्व संबंधी समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है